शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री ने आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य हर्षवर्धन चौहान के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि पावंटा शिलाई हाटकोटी मार्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है और बचे हुए इलाकों की जमीन अधिग्रहण के लिए अगले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होगी कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंगेरा से खुंडी मराल सड़क की चौड़ाई वाइल्ड लाइफ विंग की एनओसी के कारण रूकी है और जल्द इसे चौड़ा करने का प्रयास करेंगे उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ विंग से जल्द एनओसी जारी कर दी जाएगी भाजपा सदस्य किशोरी लाल के मूल और बलवीर वर्मा के अनुपूरक प्रश्न पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सेब के पौधों की कोई कमी नहीं है कर्मचारियों और अधिकारीयों द्वारा अपने रिश्तेदारों व करीबियों को ही पौधे आवंटित करने पर उन्होंने कहा कि इसका पता लगाया जाएगा

भाजपा सदस्य विनोद कुमार के सवाल पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिल सके सरकार इसके लिए योजना का पूरा प्रचार प्रसार करेगी भाजपा के सुभाष ठाकुर के बिलासपुर बस अड्डे को लेकर पूछे गए सवाल पर बिक्रम ठाकुर ने कहा कि इस बस अड्डे के निर्माण कार्य का मामला बस अड्डा प्राधिकरण बीओडी की बैठक में रखा जाएगा मुख्यमंत्री वक्तव्य वैश्विक कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा है

जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के मामले में अनावश्यक चिंता की जगह सजग और सतर्क रहने की जरूरत है इसके अलावा सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले मुंडाघाट क्षेत्र में वर्षों प्राने हनुमान मंदिर में चोरी का मामला आज सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठा कांग्रेस विधायक अनिरुद्व सिंह ने यह मामला उठाते हए सरकार से इस मंदिर से चोरी हई मूर्तियों को जल्द खोजने और चोरों का पता लगाने की मांग की मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि पुलिस तत्परता से चोरी के इस मामले को सुलझाने में लगी है और इसके लिए पुलिस की विशेष जांच टीम बनाई गई है

उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इस पुल के निर्माण कार्य को देखेंगे शोकोदगार इससे पहले विधानसभा में आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व पूर्व विधायक राम नाथ शर्मा के निधन श्रद्वांजलि दी गई सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने रामनाथ शर्मा के निधन पर शोकोदगार पेश किया

मुख्यमंत्री ने रामनाथ शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की